उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से लड़ना एकल एजेंसी का काम नहीं है बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है श्री मोदी ने कहा सभी एजेंसियों के बीच तालमेल होना जरूरी है क्योंकि तालमेल और सहकारी भावना समय की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा आज यह गर्व के साथ कहा जा सकता है कि देश ने घोटालों के उस युग को पीछे छोड़ दिया है

सभी दलों ने अपने बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है भाजपा की ओर से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाला वहीं कांग्रेस ने सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रचार की कमान सौंप दी शिवप्री जिले की नरवर और सतनवाड़ा में सचिन पायलट ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कृषि संशोधन बिल में जो संशोधन किया गया है वह किसानों के ऊपर घातक प्रहार है उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास जिले के हाट पीपल्या में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया च्नाव प्रचार के बीच च्नाव आयोग ने भी निष्पक्ष च्नाव और शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं गुना में आयोजित प्रशिक्षण में मतदान दलों को ईव्हीएम मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया

इस समय रोगियों की संख्या कुल संक्रमितों का सात दशमलव आठ आठ प्रतिशत है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्युदर में भी काफी कमी आई है जो इस समय लगभग डेढ़ प्रतिशत है कोरोना प्रदेश प्रदेश में स्वस्थ्य होने वाली मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

प्रतिदिन सामने आने वाले मरीजों की संख्या घटकर एक हजार से कम हो गई है

अब प्रतिदिन संक्रमण की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है

खास बात यह है कि राज्य में परीक्षण की संख्या लगातार बढ़ रही है

नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन का समर्थन करते हुए वुशु की राष्ट्रीय खिलाड़ी पूर्णिमा रजक ने नागरिकों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है

इस कार्यक्रम में नागालैंड एवं मणिपुर के छात्रों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरण के साथ ही अपनी भाषा खान पान और रहन सहन के तरीकों को साझा किए कार्यक्रम अधिकारी देवांशु गौतम ने बताया कि प्रदेश के छात्र छात्राओं ने भी यहां की संस्कृति से रूबरू कराया

डॉ हरिसिंह गौर केंद्रीय विवि सागर में कुलपति प्रोफेसर जनक दुलारी आही द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मण्डल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर के साथ उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए शपथ ली प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और जिलों में भी सतर्कता सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है बालाघाट में नेहरू युवा केन्द्र ने सर्तक भारत समृद्ध भारत विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया मौसम प्रदेश में गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है वहीं अगले महीने शुरूआत से ही ठंड के तेवर तीखे होने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम केन्द्र के अनुसार प्रशांत महासागर में ला निना प्रभाव दिखने लगा है इसके असर से नवंबर दिसंबर माह में मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त ठंड पड़ेगी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने कहा कि नवंबर दिसंबर माह में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के साथ जबरदस्त बर्फबारी होगी पहाड़ों पर बर्फ जमने से सर्द उत्तरी हवाएं ठंड में इजाफा करेंगी

देश में कोविड महामारी के बीच ये पहला चुनाव हो रहा है